सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

इस मुठभेड़ में लापता जवानों का पता लगाने के लिए सुरक्षा बल सक्रिय थे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शहीद जवानों की मौत पर शोक व्यक्त किया है उन्होंने कहा है कि शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि दुख की इस घड़ी में पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी माओवादी हमले की कड़ी निंदा करते हए शहीद जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है गृहमंत्री ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेष बघेल से बातचीत कर केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल के महानिदेशक कुलदीप सिंह को घटना स्थल पर जाने के निर्देश भी दिये है पीएम बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और टीकाकरण की समीक्षा के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक की श्री मोदी ने बैठक में कहा कि इस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए पांच स्तरीय रणनीति टेस्टिंग ट्रेसिंग ट्रीटमेंट कोविड व्यवहार और टीकाकरण को और प्रतिबद्वता से लागू करना चाहिए उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता के साथ ही इसके प्रबंधन में जन भागीदारी पर भी जोर दिया श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए राज्यों को और कड़े कदम उठाने चाहिए

इस दौरान शत प्रतिशत मास्क पहनने व्यक्तिगत स्वच्छता सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर भी साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जायेगा

यह नीति केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है पिछले कुछ समय से असाध्य रोगों के प्रबंधन और बचाव के लिए एक व्यापक नीति की मांग की जा रही थी विभिन्न पक्षकारों और विशेषज्ञों के साथ कई सलाह मशविरों के बाद इस नीति को अंतिम रूप दिया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य असाध्य रोगों के इलाज की लागत कम करना और इन पर राष्ट्रीय शोध को बढ़ावा देना है इससे संबंधित दवाइयों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जा सकेगा और इलाज में कम लागत आएगी

इनमें दो की हालत गंभीर है जिन्हें इंदौर रेफर किया गया है अस्पताल में दोपहर आग लगने की सूचना मिलते ही कलेक्टर आशीष सिंह पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार शुक्ल मौके पर पहुंचे उन्होंने त्रंत बचाव कार्य शुरू कराया और अन्य मरीजों को सुरक्षित निकाल कर दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया है कलेक्टर ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी जिस पर कुछ देर बाद काबू पा लिया गया

उन्होंने सभी राजनैतिक दलो सामाजिक संगठनो से कोरोना की रोकथाम के लिए जन जागरण अभियान में भागीदारी का भी आव्हन किया श्री चौहान ने आज भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना मानवता पर बड़ा संकट है महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं हालाकिं इसलिए यहां आवाजाही पर रोक लगाने पर विचार किया जा रहा है लेकिन आवश्यक कार्यो से आने जाने वालों पर कोई प्रतिबंध नहीं है इन्हें चिकित्सा जांच के बाद आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था की गई है

इस दौरान बेवजह घर से निकलने मास्क न पहनने पर सख्ती की जा रही है वहीं नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर टीकाकरण के लिए लोगों को छूट दी गई इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने टीके लगवाये

राज्य सरकार ने निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक गरीब मरीज का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाये

चुनाव प्रेक्षक प्रेमप्रकाश सिंह और जिला निर्वाचन अधिकारी तरूण राठी ने कल दमोह में अधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक हुई तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने मतदान की समी तैयारियां समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं दूसरी ओर राजनैतिक दल और प्रत्याशी भी यहां चूनाव प्रचार में जूटे हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने आज दमोह में चुनाव संचालन समिति की बैठक कर प्रचार अभियान और चुनावी रणनीति पर चर्चा की उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन सहित चुनाव मैदान में उतरे अन्य प्रत्याशी संघन जनसंपर्क कर रहे हैं जयंती सुप्रसिद्ध साहित्यकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती आज उनकी कर्मभूमि खंडवा में गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पर पत्रकारों की ओर से माखनलाल की प्रतिमा स्थल पर दीप प्रज्जवलित किए गये इस कार्यक्रम में कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन किया गया